एशियाई विकास बैंक भी इस कार्यक्रम में सहयोग करेगा इस संबंध में एशियाई विकास बैंक की सलाहकार समिति के सदस्यों ने पुलिस प्रशिक्षण और शोध संस्थान में सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों से चर्चा की इस दौरान सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के लिए कारगर उपायो के बारे में जानकारी ली गई बैठक में बताया गया कि पशुओं के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए गॉवों में मार्ग मित्र बनाये गये हैं इसी तरह से एम्बुलेंस की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है

इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं कई जगहों पर रक्तदान शिविर भी लगाये गये हैं भोपाल के शहीद भवन में सुभाष की कहानी नाटक का मंचन होगा वहीं जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में शाम को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल विशेष किओस्क सिस्टम एवं नवनिर्मित कंट्रोल रूम का लोकार्पण करेंगे इस सिस्टम के शुरू होने के बाद प्रदेश की जेलों में बंदियों को उनके खिलाफ अदालतों में लंबित प्रकरणों की जानकारी स्वतः प्राप्त हो पाएगी होषंगाबाद से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले के इटारसी और पिपरिया में विभिन्न संगठनों ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्वांजलि अर्पित की गणतंत्र झांकी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में इस बार प्रदेश की ओर से भोपाल के जनजातीय संग्रहालय की झांकी प्रस्तुत की जायेगी इसमें राज्य के जनजातीय जीवन परंपरा कला और शिल्प को प्रदर्शित किया गया है झांकी के अगले हिस्से में गौंड जनजाति के रहन सहन को दिखाया गया है वहीं मध्य भाग में नर्मदा की उत्पत्ति की कथा को चित्रित किया गया है झांकी के अंतिम भाग में कोरकू जनजाति का रहन सहन प्रस्तुत किया गया है

विधायक गंभीर राज्य के आगर मालवा से भाजपा विधायक व पूर्व सांसद मनोहर ऊंटवाल की रिथिति गंभीर बनी हुई है छाती में संक्रमण सहित अन्य तकलीफ होने पर उन्हें कल एयर एम्बुलेंस से गुडगांव के मेदान्ता अस्पताल में भर्ती किया गया था गौरतलब है कि पिछले सप्ताह श्री ऊंटवाल की इन्दौर में ब्रेन सर्जरी हुई थी

मध्यप्रदेष सरकार ने सरकारी खर्चे पर उसे इलाज के लिए दिल्ली भेजा था